नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह सभी पुरानी शिक्षा नीतियों का बेहतर विकल्प होगी प्रधानमंत्री कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन को वीडियो काफ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे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 प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नई नीति कंठस्थ करने के बजाए सीखने पर जोर देती है और वह छात्रों की विवेचनात्मक क्षमता को बढ़ाएगी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

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री संवाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल स्वनिधि संवाद के माध्यम से वर्चुअल कार्यक्रम में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ चर्चा करेंगे योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अव्वल है

बेवकॉस्ट के माध्यम से भी इसका प्रसारण होगा और फेसबुक ट्विटर जैसे माध्यम से भी इसे दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी स्वनिधि योजना पर मध्यप्रदेश की प्रगति पर आधारित लघु फिल्म भी देखेंगे लोकार्पण सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रारंभ की जाएंगी

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन एक अक्टूबर से किया जायेगा उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है

डिंडोरी कलेक्टर बी कार्तिकेय ने जिले के बाहर से पहंचे व्यक्तियों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश दिये हैं

दमोह से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दमोह को सौ फीसदी सैनेटाइज्ड करने की मुहिम शुरू की है

रियल एस्टेट सेक्टर पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है जिसके कारण प्रापर्टी खरीदने बेचने के इच्छ्क नागरिक भी विपरीत स्थितियों का सामना कर रहे हैं फसल बीमा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बताया है कि हरदा और सीहोर जिले के वन ग्रामों के किसानों को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा

श्री पटेल ने कहा कि इन वनग्रामों के किसानों को भी भारत सरकार के द्वारा फसल बीमा योजना में शामिल कर लिया गया है उन्होंने इसके लिये केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आभार व्यक्त किया है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें पर्यटक डायनासोर की उत्पत्ति के साथ इतिहास को भी जान सकेंगे